सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग की सुविधाओं का लाभ केन्द्र ने दी मंजूरी

पन्द्रहवीं विधानसभा के नये अध्यक्ष का आज चुनाव किया जायेगा इस पद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी का चुना जाना तय है अध्यक्ष पद के लिये कल एक ही नामांकन दाखिल हुआ कल सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा की कार्यवाही शुरु की तथा अधिसुचनाएं पढ़ी गयीं

सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाई गई उन्होंने हिन्दी में शपथ ली इसके बाद उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलायी गयी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विधानसभा के सत्तापक्ष गलियारे में होने वाली बैठक में कांग्रेस की रणनीति तय की जायेगी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के प्रस्तावों और मंत्रिपरिषद के फैसलों पर भी चर्चा होने की संभावना है सरकार ने हाल ही में आकाशवाणी के समाचार प्राइवेट एफएम चैनलों के साथ साझा करने का निर्णय लिया है इससे आकाशवाणी के समाचार सुनने वालों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी इस विषय पर कल द्रदर्शन पर प्रसारित एक चर्चा में भाग लेते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पती ने कहा कि आकाशवाणी समाचारों का अपना एक स्तर है जो विशिष्टता लिये हुए है यहां से प्रसारित खबरें अपने आप में महत्वपूर्ण होती है

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों तक सातवें वेतन आयोग की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर को पुलिस उप निरीक्षक प्रशिक्षण के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है

पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने बताया कि इसी तरह राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर को उत्तर भारत में प्रथम घोषित किया गया है श्री गर्ग ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पुलिस प्रशिक्षण से जुड़े सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सचिव को आज न्यायालय में पेश होने को कहा है न्यायालय ने यूपीएससी के सचिव से अदालत को यह बताने को कहा है कि क्या आयोग राज्य सरकारों द्वारा पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित एक पीठ ने उस याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया जिसमें उल्लेखित गया है कि यूपीएससी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार नहीं करता है बल्कि यह कार्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा के दूसरे संस्करण में परीक्षा पर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत दिलचस्प होगी उन्होंने छात्रों से माईगॉव ओपन फोरम की विशेष स्पर्धा में भाग लेने का आग्रह किया

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो का आरक्षण लागू किया जाएगा उन्होंने बताया कि मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सप्ताह के अंदर इस आशय के आदेश जारी कर देंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदर्शन के साथ मिलकर दूरदर्शन चैनल डीडीसाइंस और इंटरनेट आधारित इंडिया साइंस की शुरूआत की है इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने कहा इन चैनलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से जनता को बड़ा फायदा होगा

पुलिस ने बताया कि ये राशि हवाला से जुडी हो सकती है आरोपी बरामद रकम के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया जिस पर उसे गिरफ्तार कर आयकर विभाग को सूचना दी गई है चुरू जिले के दुधवाखारा में पुलिस ने ढाई क्विंटल डोडा पोस्त बरामद कर पंजाब के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है थाना प्रभारी ने बताया कि एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच करने पर चने और मूंग की बोरियों के नीचे छपाकर रखे गये कटटों से ये डोडा पोस्त जब्त की गई इन लोगों को मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है